श्री लिबांग ने मीडियाकर्मी से कहा कि इस लैब की स्थापना से राज्य सरकार और लोगों को काफी मदद होगी क्योंकि अब परीक्षण राज्य में ही किया जा सकता है

केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के म्ख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा है कि स्थानीय अधिकारियों को देशभर में राज्यों की सीमाएं पार करने के लिए अलग प्रवेश पत्र नहीं मांगना चाहिए उन्होंने पहले जारी किये गये आदेशों का उल्लेख करते हुए दोहराया कि ट्रक के आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं है उन्होंने कहा कि देश में पूर्णबंदी के दौरान आवश्कयक वस्त्ओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रंखला बनाये रखना जरूरी है केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से कहा कि यह स्निश्चित किया जाना चाहिए कि जिला अधिकारी और अन्य एजेंसी इस संबंध में पूरी तरह से अवगत हों

इसे मजद्र दिवस या मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है इस दिन को मजदूरों के योगदान के सम्मान के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर उन्हें श्भकामनाएं दी हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक ने अपने संदेश में सभी से मिलकर काम करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि श्रमिकों से संबंधित समस्याओं के समाधान और सामाजिक न्याय पर आधारित श्रम व्यवस्था विकसित करने का समय आ गया है इधर राज्यपाल डॉबीडीमिश्रा ने भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को श्भकामनाएं दी है